भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ॅजबलपुर और सीधी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे श्री मोदी पहले सीधी पहॅचेंगे जहा मडरिया बायपास मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे जबलपुर के ड्मना एयरपोर्ट जायेंगे जहां शहर के गैरिसन गाउण्ड पर आयोजित रैली में शामिल होंगे

मुख्यमंत्री कमलनाथ हरदा के खिरकिया में जनसभा को संबोधित करेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तन्खा के पक्ष में चुनावी सभा की वहीं गुना शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया कल शिवपुरी के कई गांव में सभायें ली और कर्ज माफी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं मोदी नामांकन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरेंगे वे वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं

नरेन्द्र मोदी आज सुबह बूथ प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे नामांकन भरने के दौरान अमित शाह राजनाथ सिंह नितिन गडकरी योगी आदित्यननाथ महेन्द्र नाथ पांडेय और पीयूष गोयल जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नितीश कुमार शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे और लोक जन शक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं के भी नामांकन के दौरान पहुंचने की उम्मीद है कांग्रेस ने यहां प्रधानमंत्री के मुकाबले अजय राय को फिर से उम्मीद्वार बनाया है नाम वापसी लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया में आज नाम वापसी का अंतिम दिन है

कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

नामांकन दाखिल लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं

यह सीटें है इंदौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगौन और खण्डवा यहां अधिसूचना जारी होने के बाद से ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है

मंदसौर से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं उज्जैन से भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने भी कल नामांकन भरा खंडवा में कल एक नामांकन पत्र जमा किया गया यहां निर्दलीय प्रत्याशी आकाश बिरला ने अपना पर्चा दाखिल किया

उन्होंने निर्देश दिये कि नैक की हाई ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिये मूल्यांकन मापदण्ड के अनुसार कार्य योजना बनाकर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन करें जिससे परीक्षाएँ निश्चित समय पर हों और परिणाम समय पर घोषित किये जा सकेंगे मलेरिया दिवस विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर कल मंडला जिले में मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया और जीका नियंत्रण हेतु जनजागरुकता गतिविधियां आयोजित की गई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी सरोते द्वारा मलेरिया रथ और जागरुकता रैली को हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया वहीं जिला और ब्लाक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर मच्छर जन्य बीमारियों के रोकथाम के बारे में चर्चा की गई आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को तीन विकेट से हरा दिया

इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में सातवें स्थान पर आ गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अंतिम स्थान पर है आज रात आठ बजे से चेन्नई में चेन्नई सुपर किग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा गर्मी प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं कल प्रदेश का खरगौन जिला वह स्थान रहा जो कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी सर्वाधिक गर्म रहा

दूसरी ओर निमाड अंचल के खंडवा में भी कल भीषण गर्मी पड़ी

मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल सहित पूरे प्रदेश में फिलहाल तापमान में बढ़ौतरी जारी रहेगी मौसम विभाग ने आज इंदौर सागर ग्वालियर उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है

श्री तोमर को गंभीर हालत में ग्वालियर रैफर किया गया है